दो हजार इक्कीस तक शुरू हो जायेगी जलापूर्ति

और प्रदेश में पछ्आ हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी बढ़ी

डिहरी आठ डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी है न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष दो हजार सत्रह के फैसले पर पुनर्विचार की अक्षय कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी पीठ ने कहा कि पहले के फैसले पर प्रनर्विचार का कोई आधार नहीं है पीठ ने कहा कि दोषी की आपत्तियों पर उच्चतम न्यायालय अपने पहले के फैसले में अच्छी तरह विचार कर चुका है इस बीच दोषी अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए न्यायालय से तीन सप्ताह का समय मांगा है महाधिवक्ता तूषार मेहता ने अदालत को याद दिलाया कि राष्ट्रपति को ऐसी याचिका भेजने के लिए कानून के तहत केवल एक सप्ताह का समय निर्धारित है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है इस कानून से भारत के एक सौ तीस करोड़ नागरिकों को नहीं बल्कि घुसपैठियों को चिन्ता होनी चाहिए श्री जावड़ेकर ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार सभी छात्रों के मुद्दों को सुनती है और उनके प्रति संवेदनशील है उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को कोई परेशानी है तो उनके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा ख़ुले हैं उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के संचालन पर रोक लगाने से इंकार किया है न्यायालय ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चूनौती देने वाली मुख्य याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है शीर्ष न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए बाईस जनवरी की तिथि निर्धारित की है इस कानून के विरोध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य ने याचिकाएं दायर की हैं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में विभिन्न वाम दलों द्वारा कल बुलाये गये राज्यव्यापी बंद के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है पटना के करगिल चौक पर अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है इधर कटिहार में विभिन्न संगठनों की ओर से शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा शामिल हुए मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गंगा नदी के पानी को जल संकट वाले क्षेत्रों राजगीर और बोधगया के बाद दूसरे चरण में नवादा भी पहुंचाया जायेगा मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान के तीसरे चरण के तहत नवादा के रजौली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जल और हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है मुख्यमंत्री ने रजौली में पांच सौ सत्तर करोड़ रूपये से अधिक की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इसके अलावा श्री कुमार ने जहानाबाद और अरवल जिले में भी करोड़ों रूपये की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गया में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक आयोजित की गयी बैठक में गया राजगीर और बोधगया शहर को गंगा नदी का पानी पाईप लाईन के माध्यम से पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी प्रदान की गयी इसके तहत इन शहरों में दो हजार इक्कीस तक गंगा नदी के शोधित जल की आपूर्ति शुरू हो जायेगी एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिये चौहत्तर पूर्णकालिक अदालतों के गठन को भी मंजूरी प्रदान की जाने माने साहित्यकार और भारतीय वन सेवा के अधिकारी कुमार मनीष अरविंद को मैथिली भाषा के लिये इस वर्ष का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जायेगा पचपन वर्षीय श्री अरविंद को मैथिली भाषा में उनके कविता संग्रह जिनगीक ओरिआओन करैत के लिये यह सम्मान प्रदान किया जायेगा आकाशवाणी से बातचीत में श्री अरविंद ने बताया कि उनका कविता संग्रह रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं जीवन के विभिन्न पहलूओं और पर्यावरण संकट की चर्चा करता है वे सुपौल जिले के करजाइन बाजार थाना अंतर्गत बसावन पट्टी गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में झारखंड के पलामू में वन संरक्षक के रूप में पदस्थापित हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबाड़ की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति द्वारा आज तेईस विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी प्रस्कारों की घोषणा की गयी डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को हिन्दी में कविता संग्रह के लिये यह सम्मान प्रदान किया जायेगा वहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा के लिये यह प्रस्कार प्रदान किया जायेगा इसके तहत प्रस्कार विजेता को एक लाख रूपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भीषण बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गयी है और अधिकतर क्षेत्र शीलतहर की चपेट में है डिहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं गया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया अत्यधिक ठंड के कारण गया में आज कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले एक दो दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी पटना गया डिहरी नालंदा छपरा समेत विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है ठंड में अत्याधिक बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य के कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है जबकि कुछ स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है सीवान जिले में कल तक सभी कक्षाओं में पठन पाठन स्थगित रहेगा वहीं शिवहर जिले में इक्कीस दिसम्बर तक कक्षा एक से पांच तक पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है पटना और मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने आज से सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह नौ बजे से दिन के तीन बजे तक संचालित करने के आदेश दिये हैं मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर गया स्थित सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए को बंद नहीं करने का अनुरोध किया है श्री कुमार ने इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि सेना को मजबूती प्रदान करने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान को बंद किया जाना उचित नहीं है गौरतलब है कि दो हजार ग्यारह में सेना में अधिकारियों की कमी को प्ररा करने के उद्देश्य से गया में इस केन्द्र की स्थापना की गयी थी निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिउरा पंचायत के मुखिया जवाहर चौधरी को एक लाख सोलह हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है वह स्थानीय बैंक के सामने एक वार्ड सदस्य से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत काम कराने के लिए रिश्वत ले रहा था देश भर के केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नामांकन में सताईस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस से यह व्यवस्था लागू हो जायेगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए कहा है कि इन विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले ओबीसी छात्र छात्राओं के लिये आरक्षण में विस्तार को स्वीकृति दे दी गयी है भारतीय रोड कांग्रेस का तीन दिवसीय अधिवेशन कल से पटना में आयोजित होगा इस कार्यक्रम में देश विदेश के ढाई हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे भारतीय रोड कांग्रेस देश में हाईवे इंजीनियरिंग की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष उन्नीस सौ बत्तीस में की गयी थी सहरसा जिले के नौहट्टा थाना अंतर्गत दरहार प्रलिस आउट पोस्ट क्षेत्र के कोसी नदी में एक नाव के पलट जाने से दो महिलाओं की मौत हो गयी तथा छह लोग लापता हैं खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक सौ उन्नीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है मुजफ्फरपुर के मनियारी में एक आभूषण व्यावसायी हत्याकांड में पुलिस ने छह संदिग्धों को हिरासत में लिया है

दो हजार इक्कीस तक शुरू हो जायेगी जलापूर्ति

और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी बढ़ी

डिहरी आठ डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा